शिमला में कल उन्होंने कहा कि केरल में बाढ़ के कारण परिस्थितियां काफी नाजुक बनी हुई है मगर मुसीबत की इस घड़ी में पूरा देश केरल के लोगों के साथ खड़ा है मुख्यमंत्री ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी मदद जुटाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की सहायता को लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनराशि एकत्र करेगी उन्होंने समाज के हर वर्ग से संकट की इस घड़ी में प्रभावितों की सहायता में अपना योगदान देने का आग्रह किया है

हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच और नव प्रयास के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली इस गोष्ठी को बाबा भलखू को समर्पित किया गया है शिमला से बड़ोग और बड़ोग से शिमला तक रेलगाड़ी में चलने वाली इस गोष्ठी में कविता गज़ल कहानी और संस्मरण के सत्र रखे गए हैं हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष एसआर हरनोट ने बताया कि इस क्रम में अगले आयोजनो को गांव में करवाने की योजना है जिसकी शुरूआत शीघ्र ही चायल के समीप भलखू के जन्म स्थान झाजा से की जाएगी

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने बताया कि इस बारे मे सभी जिला प्रभारियों को जिला व विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने व इसकी रिपोर्ट देश कार्यलय मे भेजने के निर्देश दिए गए है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है प्रदेश में बादल फटने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है सतलुज में दो बहे कूल्लू में दो जगह बादल फटने से भारी क्षति दिव्य हिमाचल और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है मणिकर्ण में बादल फटा रामपुर में दो बहे

दुनिया के सबसे उंचाई पर बने लाहौल स्पिति का हिक्किम पोस्ट ऑफिस जहां लोग अपने ही पते पर भेजते हैं चिट्टी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की एक खबर है पदोन्नति मर्तियों का रास्ता साफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने हटाई चार श्रेणियों पर लगी रोक

दैनिक जागरण की एक खबर है धर्मशाला के योल में दो देसी कट्टों व पिस्तौल समेत पंजाब के चार युवक गिरफ्तार

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय स्कब टायफस का प्रकोप में लिखता है कि सरकार व स्वास्थ्य विमाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी जिला अस्पतालों में स्कब टायफस की जांच की सुविधा हो